मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बारां जिले में स्थित छबड़ा सुपर किटिकल थर्मल पावर स्टेशन की पांचवीं और छठी इकाई का लोकार्पण करेंगे

वे आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में जनता के साथ विचार साझा कर रहे थे प्रधानमंत्री ने जल संकट का जिक करते हुए कहा कि पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं साल भर में वर्षा का सिर्फ आठ प्रतिशत पानी बचाया जाता है

श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता अभियान की तरह ही जल संरक्षण व्यापक जन आंदोलन का रूप ले इसके लिए फिल्म खेल मीडिया सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक सभी संगठनों को आगे आना चाहिए

साथ ही जल संरक्षण की दिशा में योगदान देने वाले हर व्यक्ति और संस्था की सुची बनाकर इसकी जानकारी भी नरेन्द्र मोदी एप पर साझा करने की अपील की है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने योग दिवस पर हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक सभी की सक्रिय भागीदारी पर देशवासियों का आभार व्यक्त किया

पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार और शोध के लिए बेहतरीन माहौल उपलब्ध करवाया जाए श्री मुखर्जी कल जयप्र के बिडला ऑडिटोरियम में आयोजित राज मेडिकोन की दो दिवसीय कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि चिकित्सक समाज के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं इस अवसर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने कहा कि राज्य में चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का तेजी से सुधार हो रहा है उन्होंने कहा कि सरकार हर तबके को अच्छी सेहत का अधिकार दिलाने के लिए विधानसभा के इस सत्र में राइट टू हैल्थ बिल लाएगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में इसकी घोषणा की श्री गहलोत ने कहा कि गांधीजी के विचार और कृतित्व इतना विशाल है कि एक वर्ष के कार्यक्रमों से ही उसका प्रसार संभव नहीं है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांधीजी के जीवन दर्शन से संबंधित गतिविधियां और समारोह आयोजित करेगी ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अहिंसा शांति सादगी और सत्य का संदेश पहुंच सके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बारां जिले में स्थित छबड़ा सुपर किटिकल थर्मल पावर स्टेशन की पांचवी और छठी इकाई का लोकार्पण करेंगे

देश में गहराते जल संकट के निवारण के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जनप्रतिनिधियों और स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी से प्रदेश के सभी खंडों में जल शक्ति अभियान चलाया जाएगा अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती विभाग राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत वर्षा जल संचयन जल संरक्षण परम्परागत और अन्य जलाशयों का जीर्णोद्वार और सघन वृक्षारोपण के कार्य बड़े पैमाने पर किए जाएंगे श्री सिंह ने बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत कल प्रर्देश के सभी जिलों में जिला स्तरीय तैयारी बैठक आयोजित की जाएगी आईपीएस भूपेन्द्र सिंह राजस्थान पुलिस के नए मुखिया होंगे देर रात राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी किये राजस्थान पुलिस अकादमी में आज महानिदेशक कपिल गर्ग की सेवानिवृत्ति पर विदाई परेड समारोह का आयोजन किया गया साथ ही नए महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह का स्वागत किया गया

शिलंग स्थित भारतीय वायुसेना केंद्र के प्रवक्ता विंग कमांडर रत्नाकर सिंह ने बताया कि इस बचाव दल में वायुसेना के आठ सेना के चार और तीन अन्य कर्मी थे